परिचम बंगाल के ठाकरनगर में एक जनसभा को संबोधित करते हए उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह किसानों की ऋण माफी का झठा दावा कर रहे हैं उन्होंने कहा कि ऋण माफी की राजनीति किसानों की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास है उधर उद्योग और व्यापार प्रमुखों ने केन्द्रीय बजट को विकास मूलक बताते हुए इसका स्वागत किया है और कहा है कि इसमें किसानों श्रमिकों और मध्यम वर्ग पर खास तौर पर ध्यान केन्द्रित किया गया है भारतीय उद्योग और वाणिज्य मंडल परिसंघ फिक्की के अध्यक्ष संदीप सोमनी ने कहा है कि देश में छोटे और सीमान्त किसानों को दी गई रियायतें बड़ा सकारात्मक कदम है भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई के महानिदेशक चन्द्रजीत बैनर्जी ने बजट को अच्छा और विकासोन्मुखी बताया है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के अध्यक्ष एच के भानवाला ने कहा है कि किसानों की आमदनी बढाने की जो घोषणाए की गई है उससे उनकी उत्पादकता में सुधार होगा अखिल भारतीय उद्योग संघ के अव्यक्ष श्री विजय कलन्त्री ने कहा है कि सरकार द्वारा उठाये गये आयकर और स्रोत पर कटौती सीमा में बढ़ोतरी जैसे राहत उपायों से रीयल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा और अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी

इन पासपोर्ट केन्द्रों के खल जाने के बाद किसी नागरिक को पासपोर्ट बनवाने के लिये पचास किलोमीटर से अधिक की यात्रा नही करनी पड़ेगी श्री सिन्हा आज प्रयागराज के कृंभ मेला परिसर के विजय सेंटर में कृंभ मेला पर स्मार्ट डाक टिकट का विमोचन करने के बाद एक कार्यक्रम को सम्बोवित कर रहे थे उन्होंने बताया कि वर्ष दो हजार चौदह तक देश में सतहत्तर पासपोर्ट केन्द्र थे लेकिन अब इनकी संख्या बढ़कर तीन सौ हो गयी है डाक टिकट का विमोचन करने के बाद क्म की विशेषता पर चर्चा करते हये उन्होंने कहा कि यह पूरी द्निया के लिये आकर्षण का केन्द्र बना हुआ है श्री सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रयास से क्ष मेले को यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया है यह पुरे देस के लिये गौरव का विषय है

सात फरवरी को वित्तीय वर्ष दो हजार उन्नीस बीस के लिये सदन में बजट पेश किया जायेगा विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे ने बताया है कि नये साल का पहला सत्र शुरू होने पर पांच फरवरी को ग्यारह बजे राज्यपाल राम नाईक विधानमंडल के दोनों सदनों की संयक्त बैठक को संबोधित करेंगे सात फरवरी को प्रदेश के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल बजट प्रस्ताव पेश करेंगे निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार यह बजट सत्र बाईस फरवरी तक चलेगा

बड़ी संख्या में श्रद्वालुओं के उपस्थिती को देखते हुए प्रयागराज मेला प्राधिकरण पुलिस और रेलवे ने व्यापक प्रबंध किये हैं लोगों की सुविधा का ध्यान रखते हुए प्रयागराज शहर के विमिन्न स्टेशनों में आने जाने के लिए इस महीने की चार और पांच तारीख को रेलवे ने अठहत्तर रेलगाड़ियां चलाना तय किया है ये रेलगाड़ियां रामबाग प्रयागराज घाट इसी इलाहाबाद शहर और इलाहाबाद जंक्शन में रूकंगी जो कम्भ मेला शहर और संगम क्षेत्र के सबसे निकट हैं

इस प्रदर्शनी में महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महापुरूषों के जीवन दर्शन और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान पर आधारित एक भारत स्वच्छ और सक्षम भारत का प्रदर्शन किया गया है इसमें इन बिन्द्रओं पर सरकार की विभिन्न योजनाओं को भी नवीनतम इलेक्टानिक माध्यमों से दर्शाया गया है यह प्रदर्शनी सवह आठ बजे से रात दस बजे तक जनता के लिये निशुल्क खुली रहती है यहां पर दर्शक सूचनाओं के साथ साथ गीत और नाटक प्रभाग के विभिन्न कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आनन्द उठा सकते हैं

सामाजिक कार्यकर्ता उलेमा जमीर नकवी की शिकायत के बाद लखनऊ के हजरत गंज पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया नकवी ने अपनी शिकायत में आजम खान पर आरएसएस को बदनाम करने और शिया धर्मगुरू कलवे जव्वाद और उनके सविव इमरान नकवी को दो हजार चौदह में पत्रों और बयानों के माध्यम से अपमानित करने का आरोप लगाया है